केन्द्र जल संचय केन्द्र सरकार ने देशभर के सभी शहरी स्थानीय निकायों से वर्षा जल संचय की कारगर निगरानी के लिए प्रकोष्ठ बनाने और कम से कम एक जल निकाय का जीर्णोद्वार करने को कहा है केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों में कहा कि यह प्रकोष्ठ निकाले गए भू जल की मात्रा और उसके पुनर्भरण की निगरानी करेगा इस महीने की पहली तारीख को शुरू हुए जल शक्ति अभियान के प्रथम चरण के तौर पर यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यह अभियान आगामी पंद्रह सितम्बर तक चलेगा मंत्रालय ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सरकारी इमारतों में वर्षा जल संचयन की संरचना बनाई जाए अगर ऐसा नहीं है तो विशेष योजना के तहत उसका निर्माण किया जाना चाहिए ग्रूप आवासीय सोसायटी और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए इसमें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में भवन निर्माण के नियमों के अनुसार वर्षा जल संचयन प्रणाली की सुविधा मौजूद होने के बाद ही भवन निर्माण की इजाजत दी जाए साथ ही अधिवासी और पूर्णता पत्र देने से पहले इसकी जांच भी की जाए गौरतलब है कि हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षा जल के संरक्षण पर जोर दिया था उन्होंने कहा था कि इसे जनआंदोलन बनाने की जरूरत है

राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थानीय निवासियों के जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम दो हजार तेरह तथा उसके तहत बनाए गए नियमों और निर्देशों के अनुसार जारी किए जा रहे हैं शिशु के जन्म के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति पिता के जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति की जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी वहीं शिशु को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र में अंकित उसके नाम परिवर्तन की स्थिति में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी मुख्यमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को छत्तीसगढ़ी में पत्र लिखकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के देखभाल के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि तुंहर मन के प्रयास ले गांव के तस्वीर बदलत हे पत्र में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बहिनी संबोधित करते हुए कहा है कि मोर निवेदन हे कि तुमन छत्तीसगढ़ म सुपोषण के अलख जगावव अउ ए छत्तीसगढ़ी महतारी के लइका मन ल स्वस्थ अउ सुपोषित बनावव मुख्यमंत्री ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की मेहनत को रूपये में नहीं आंका जा सकता फिर भी राज्य सरकार एक जुलाई से उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की है उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनकी सरकार का हिस्सा है राज्य सरकार उनकी कठिनाई दूर करने का प्रयास करेगी मुख्यमंत्री बालोद बेमेतरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अर्जुंदा को तहसील बनाने और अगले शिक्षा सत्र से अर्जुदा में उद्यानिकी महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है श्री बघेल कल बालोद जिले के अर्जुदा में आयोजित शाला प्रवेशोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की उच्च सांस्कृतिक परम्परा को बनाए रखने के लिए लगातार कार्य कर रही है इसी कड़ी में राज्य के पारंपरिक त्यौहार हरेली तीजा और भक्त माता कर्मा जयंती के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ हल्बी सरगुजिहा कुडुख दंतेवाड़ा गोण्डी और कांकेर गोण्डी में पाठ्य सामग्री और वीडियो तैयार किए गए हैं इससे बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी श्री बघेल ने इस मौके पर नगर पालिक परिषद बालोद और दल्लीराजहरा के विकास के लिए एक एक करोड़ तथा बालोद जिले के नगर पंचायतों के विकास के लिए पचास पचास लाख रूपये की घोषणा की इससे पहले मुख्यमंत्री ने बेमेतरा जिले के बावामोहतरा में आयोजित कार्यक्रम में बीस करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया इस अवसर पर उन्होंने किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र का वितरण किया बिंदेश्वरी बघेल निधन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां बिंदेश्वरी बघेल का आज निधन हो गया वे पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थीं उन्होंने राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली

श्रीमती बघेल के पार्थिव शरीर को आज रात अंतिम दर्शन के लिए उनके भिलाई तीन स्थित निवास में रखा जाएगा

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्रीमती पटेल ने अपने शोक सन्देश में ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करने और शोक संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को वहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी भूपेश बघेल की मां बिंदेश्वरी बघेल के निधन पर शोक व्यक्त किया है खाद्य पदार्थ कार्रवाई राज्य सरकार ने खाने पीने की चीजों में अमानक रंग डालकर बिक्री करने और बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने कारोबारियों से खाद्य पदार्थो में अमानक रंगों का उपयोग नहीं करने की अपील की है विभाग ने कहा है कि यदि खाद्य पदार्थों में अमानक रंग का उपयोग किया जाएगा तो आजीवन कारावास और दस लाख रूपये जुर्माने की सजा हो सकती है विभाग ने लोगों से कहा है कि वे अमानक रंग के प्रयोग की जानकारी मिलने पर हेल्पलाइन नंबर नौ तीन चार शून्य पांच नौ सात शून्य नौ सात पर शिकायत कर सकते हैं

विभाग ने आगाह किया है कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट के कारण कई गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं वर्तमान में अमानक रंग और एल्युमीनियम वर्क का इस्तेमाल खाद्य पदार्थो में अधिक हो रहा है जो कैंसर तथा अन्य बीमारियों का मुख्य कारण है स्वचलित मौसम केन्द्र स्थापना प्रदेश में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए नौ स्थानों पर स्वचलित मौसम केन्द्र की स्थापना की जाएगी राज्य शासन द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है इसके मुताबिक सुकमा जिले के केरलापाल मरईगुडा दोरनापाल जुगरगुडा चितलनार और कांकेर लंका में नए स्वचलित मौसम कोन्द्र स्थापित किए जाएंगे इसी प्रकार बलौदाबाजार जिले के करही बाजार तथा कोरिया जिले के काटाडोल और घाघरा में भी स्वचलित मौसम केन्द्र की स्थापना की जाएगी बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश आम बजट पर केंद्रित रहेगा चौबीस लाख संतावन हजार दो सौ पैंतीस करोड़ रूपये के केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे का विकास किसान कल्याण और जल सुरक्षा मुख्य रूप से शामिल है बजट में भारत की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आकाशवाणी समाचार ने प्रदेश के जाने माने अर्थशास्त्री और रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आरके ब्रम्हे से बात की इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे मौसम प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है आज भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है वहीं कई जगहों पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई है सबसे अधिक बारह सेंटीमीटर वर्षा सूरजपुर में हुई है मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर मध्यप्रदेश में बने निम्न दाब का क्षेत्र और समुद्र तल की ऊंचाई पर बने एक चक्रवात के कारण राज्य में बारिश हो रही है मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है वहीं एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी है संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने जिला पुलिस बल में आरक्षक के आठ सौ चौदह पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है प्रदेश के सभी एक सौ अड़सठ नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के तहत ई साक्षरता केन्द्र संचालित किया जाएगा प्रथम चरण में तैंतीस ई साक्षरता केन्द्र शुरू हो चुके हैं जगदलपुर जिले में लम्बे समय से बिना किसी पूर्व सूचना के अपने कार्य से उपस्थित रही दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दस सहायिकाओं की सेवा समाप्त कर दी गई है